अब स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसक कार्रवाई को संजेय और गैर जमानती अपराध बना दिया गया है अध्यादेश में स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को चोट पहंचाने या उन्हें न्कसान पहंचाने या संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने पर क्षतिप्र्ति का प्रावधान किया गया है

इसलिए उनपर हमले द्भाग्यपूर्ण हैं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा और उन्हें नुकसान पहुंचाने को सहन नहीं किया जाएगा

श्री जावडेकर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले के दोषी को तीन से पांच महीने की कैद तथा पचास हजार से दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है उन्होंने कहा कि गंभीर क्षति पहंचाने के मामले में दोषी को छह महीने से सात वर्ष की कैद हो सकती है ऐसे दोषियों पर एक लाख से पांच लाख रुपये तक का ज्र्माना भी लगाया जा सकता है श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के वाहनों या क्लीनिक को न्कसान पहंचाने वाले दोषियों से क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के मूल्य का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा

लॉकडाउन के दौरान स्वीकृत कृषि गतिविधियों के दायरे में बीजों और बागवानी उत्पादों की उपचार स्विधाओं को भी शामिल किया गया है कृषि और बागवानी गतिविधियों से संबंधित अन्संधान प्रतिष्ठान तथा पौध सामग्री शहद और अन्य मध्मक्खी उत्पाद राज्य के भीतर और अन्य राज्यों तक लाने ले जाने को भी स्वीकृत गतिविधियों की सुची में रखा गया है वानिकी संबंधी गतिविधियों को भी विस्तारित रियायतों के तहत रखा गया है केनुद्र ने स्पष्ट किया है शहरी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए उनके साथ रहने वालों प्रीपेड मोबाइल रिजार्च केन्द्र और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लॉकडाउन से छूट दी गई है केन्द्रीय ग़हमंत्रालय ने इस बारे में सभी राज्यों के म्ख्य सचिवों को पत्र लिखा है शहरी क्षेत्रों में ब्रेड फैक्टरी द्ग्ध प्रसंस्करण संयंत्र आटा और दाल मिलों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है मंत्रालय ने म्ख्य सचिवों से जिला प्राधिकरणों और एजेंसियों को इस बारे में सूचित करने को कहा है पत्र में गृहमंत्रालय ने कार्यालयों कार्यशालाओं फैक्ट्री और प्रतिष्ठानों में सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का अन्पालन स्निश्चित कराए जाने पर बल दिया है

म्ख्यमंत्री ने सामाजिक द्री घर से बाहर फेस मास्क पहनना अनिवार्य और सभी स्रक्षित दिशा निर्देशों का पालन करने पर संदेश को फैलाने का आग्रह किया